स्वस्थ होने की दर पंचानबे दशमलव तीन दो प्रतिशत हुई सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार से झारखंड में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की मांग की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

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अलग सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव कल पारित हो गया अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जायेगा

इधर प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ख्शी जतायी और कहा है कि इससे आदिवासियों को नई पहचान मिलेगी सरना धर्म को मानने वाले लोग प्राचीन परंपराओं एवं प्रकृति के उपासक हैं सरना धर्म की संस्कृति पूजा पद्वति आदर्श एवं मान्यताएं प्रचलित सभी धर्मों से अलग है उन्होंने कहा कि सरना आदिवासी धर्म कोड लागू हो जाने के बाद पूरे विश्व में प्रकृति प्रेम का संदेश फैलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज पर्यावरण सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं प्रकृति को पूजने वाले आदिवासी सही अर्थ में पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

लेकिन अब इसे फिर से शामिल करने के लिए पहल की गयी है गोमिया विधायक डॉ लंबोदर महतो ने विधानसभा के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड के प्रस्ताव पारित होने पर खुशी जतायी है उन्होंने कहा कि झारखंडी आदिवासी भाइयों की भाषा संस्कृति परंपरा एवं इतिहास के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सरना धर्म कोड जरूरी है

जबकि इसमें एक लाख तीन सौ दो संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर पंचानबे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब राज्य में केवल चार हजार नौ मामले ही सकिय हैं जिनका विभिन्न कोविड सेंटर या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है इधर पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के दो सौ चारासी नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई जबकि कल तीन सौ चौदह लोग स्वस्थ हए

इधर राज्य में कल कोरोना संक्रमण से तीन मरीजों की मौत हो गई है अबतक इस संकमण से राज्य में नौ सौ तेरह मरीजों की जान जा चुकी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेसियस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की

उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि अन्य बीमारियों के विरूद्व लड़ाई को अनदेखा करने की जरूरत नहीं है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ करीबी और नियमित सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया उन्होंने विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना और क्षय रोग के खिलाफ भारत के अभियान जैसी देश की घरेलू पहलों की भी सराहना की इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और श्री टेड्रोस ने विश्व के लोगों में तंदुरुस्ती और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पारंपरिक दवाईयों की प्रणाली पर उपयोगी चर्चा की इस दौरान वे आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के साथ पारंपरिक उपचार संबंधी समाधानों को जोड़ने पर भी सहमत हए

उन्होंने कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र में महिलायें एवं पुरुष हस्तशिल्प उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं इनके द्वारा जूट बैग कपड़े की थैली बांस के क्राफ्ट हैंडलूम वस्त्रों की बुनाई लकड़ी के चूर से बने खिलौने का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है उन्होंने हस्तंशिल्प कारीगरों को अस्थाई बाजार उपलब्ध कराने सहित हस्तशिल्प कारीगरों को स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण देने एवं इन्हें बाजार उपलब्ध कराने की पहल करने पर जोर दिया वहीं केंद्रीय मंत्री ने पत्र के जवाब में कहा कि हस्तशिल्प के विकास के लिये क्रमबद्ध तरीके से स्थायी बाजार की स्थापना की जा रही है समय समय पर हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है

वस्त्र मंत्रालय ने दीपावली के अवसर पर स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है केन्द्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय बुनकरों और दस्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए दीपावली के अवसर पर उनकी बनाई हुई चीजों को खरीदें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल करने और इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की अपील की है धनबाद जिले में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को दी गई प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति में लगभग दस करोड़ रूपये के घोटाले की अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर छियानबे स्कूलों समेत एक सौ पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है इस मामले में गठित चार सदस्य टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट धनबाद जिला प्रशासन को सौंपा जिसके बाद कल्याण पदाधिकारी कई सरकारी कर्मचारियों स्कूलों के प्राचार्य और अधिवक्ता के संलिप्त होने को मामला सामने आया जिसके बाद प्रशासन ने सब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि चतरा जिले का गिरोह इस घोटाले में सक्रिय रहा है जैसा कि आपको मालूम हो कि इस घोटाले की बात सामने आने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिये थे झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी विधायकों को आवंटित आवास और आवास आवंटन के आधार की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है

जैसा कि आपको मालूम हो कि हटिया विधायक नवीन जायसवाल को आवंटित आवास को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया था इसके खिलाफ श्री जयसवाल ने हाइकोर्ट में अपील की थी एकलपीठ ने नवीन जायसवाल की याचिका यह कहते हए खारिज कर दी थी कि झारखंड में विधायकों को आवास आवंटित करने की कोई नीति नहीं बनी है इस आदेश के खिलाफ नवीन ने खंडपीठ में अपील याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार का अध्रा जवाब देखने के बाद राज्य के सभी विधायकों के आवंटित आवास और उसका विस्तृत आधार बताने का आदेश दिया केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रही है गिरिडीह जिले में वनाधिकार पट्टाधारकों को भी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का लाभ दिया जायेगा

राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने विधानसभा के विशेष सत्र में कल सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है छात्रवृत्ति घोटाले में छियानबे स्कूलों समेत नौ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है उच्च न्यायालय द्वारा छठी जपीएससी मुख्य परीक्षा की कॉपियां सुरक्षित रखने के निर्देश दिये जाने की खबर को हिन्दुस्तान ने प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है वहीं अंखबार ने रिम्स में कोविड सेन्टर में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर को अपने पहले पेज पर जगह दी है दैनिक जागरण ने बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव में हुई जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवार वाली पार्टियों को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है झारखंड में कोरोना से एक लाख से अधिक लोगों के स्वस्थ होने की खबर को दैनिक भास्कर ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने बिहार में चुनाव जीतने के बाद जनता के नाम प्रधानमंत्री के दिए संदेश को पहले पेज पर प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीतीश कुमार द्वारा बिहार में एनडीए सरकार की कमान संभाले जाने और झारखंड विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है वहीं बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाये जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को अपनी पहली खबर बनाया है